गुणवत्तापरक शिक्षा देने के लिए राज्य सरकार को दिए सुझाव देहरादून में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बदलने की तैयारी

बागेश्वर जिले में गर्भवती महिलाओं की सुविधाओं के लिए बेदनी एप का शुभारंभ

केदारनाथ मार्ग पर घोड़ा खच्चरों को गरम पानी पिलाने के लिए केदारनाथ और लिनचौली में दो सोलर प्लांट लगाए जाएंगे

आयोग के अध्यक्ष योगेंद्र खंडूरी ने प्रदेश के मुख्य सचिव को लिखे एक पत्र में कहा छात्रों को सफल और स्वावलम्बी बनाने के लिए प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर गुणवत्तापरक शिक्षा देनी होगी

श्री खंड्री ने शिक्षा के लिए ज्यादा बजट देने और स्कूल में पढाने वाले शिक्षकों के ट्यूशन पढाने पर रोक लगाने को भी कहा है संचालन देहराद्न में अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बदलने की तैयारी की जा रही है अब पेट्रोल डीजल से चलने वाले ऑटो विक्रम शहर में नहीं चलेंगे शहर में केवल बैटरी और इलेक्ट्रिक ऑटो का ही संचालन होगा

गौरतलब कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सुरक्षा और सुधार को लेकर पिछले महीने संभागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक आयोजित हई थी इसमे गढ़वाल कमिश्नर दिलीप जावलकर और आरटीए के सचिव सुधांशु गर्ग ने शहर में इलेक्ट्रिक ऑटो के संचालन का निर्णय लिया था शहर में बढ़ते प्रद्षण को देखते हुए और स्मार्ट सिटी के लिहाज से शासन ने भी इसकी मंजूरी दे दी है भस्खलन बागेश्वर के कवारी गांव में पहाड़ी से हो लगातार भूस्खलन के चलते ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ गई हैं जिला प्रशासन ने गांव के लोगों को सुरक्षित जगहों में पहुंचाने के साथ ही उनके लिए टैंट राशन समेत मेडिकल टीम की व्यवस्था की है गांव में हो रहे भूस्खलन की जांच के लिए गई भू वैज्ञानिकों की टीम निरीक्षण कर लौट आई है वैज्ञानिकों के अनुसार गांव थ्रसटिंग एरिया में बसा है इस वजह से यहां भूस्खलन हो रहा है भू वैज्ञानिक रवि नेगी ने बताया कि कुंवारी गांव के पत्थर और मिट्टी पर अध्ययन करने पर पता चला है कि वह भूस्खलन वाला क्षेत्र है

पहाड़ी से पत्थर गिरना उसी का एक नमूना है गौरतलब है कि पिछले शनिवार की रात कुंवारी गांव के ऊपर के पहाड़ के दरकने से बोल्डर मिट्टी पत्थर और पेड़ उखड़कर नीचें बसे गांव की ओर आ गए थे वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि गांव की पहाड़ियों का जल्द ही ड्रोन कैमरे से सर्वे कराया जाएगा ताकि वस्तुस्थिति का पता लग सके उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा गांव के लोगों के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है उदघाटन उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने पौड़ी जिले के थलीसैंण और पैठाणी में दो नये थानों और पाबौ में एक पुलिस रिपोर्टिंग चौकी का उदघाटन किया

उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि नये थानों और रिपोर्टिंग चौकी खुलने से लोग सुरक्षित महसूस करेंगे और सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत होगी हत्या चम्पावत के खेतीखान में सहकारी बैंक में तैनात एक गार्ड ने दो बैंक कर्मचारियों की गोली मारकर हत्या कर दी बताया जा रहा है कि कर्मचारी नशे में था और उसकी बैंक कैशियर और चतुर्थ कर्मचारी से किसी बात को लेकर बहस हो गई गुस्से में गार्ड ने पहले कैशियर को गोली मारी और फिर जान बचाकर भाग रहे दूसरे कर्मचारी को बैंक के बाहर गोली मार दी दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई दोनों मृतक चम्पावत के रहने वाले थे पुलिस ने आरोपी गार्ड को गिरफ्तार कर लिया है कार्याशाला देहरादून में दिव्यांग योजनाओं को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया समाज कल्याण विभाग द्वारा आयोजित कार्यशाला में अधिकारियों को दिव्यांगों की योजनाओं से जुडी जानकारी दी गयी इस दौरान भारत सरकार के नोडल अधिकारी ने कहा कि केंद्र सरकार के स्वावलंबन पोर्टल के जरिए दिव्यांगों का नया रजिस्ट्रेशन किया जाएगा

उन्होंने बताया कि इस योजना को देशभर में लागू किया जा रहा है

यह साफ्टवेअर हाई रिस्क प्रेगनेंसी आइडेंटीफिकेशन एंड मैनेजमेंट पर आधारित है इस एप में आशा कार्यकत्री और एएनएम गर्भवती महिलाओं की पूरी जानकारी अपलोड करेंगी इससे सुद्रवर्ती क्षेत्रों में रह रही गर्भवती महिलाओं की पूरी जानकारी मिल सकेगी

जिलाधिकारी ने आशा कार्यकत्रियों का आह्वान किया है कि वे अपने काम का निर्वहन पूरी जिम्मेदारी के साथ करें उन्होंने प्रसव पीड़िताओं का टीकाकरण करने लिंगानुपात पर ध्यान देने के साथ भ्रण हत्या के प्रति लोगों को जागरूक करने को भी कहा केदारनाथ मार्ग केदारनाथ मार्ग पर रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन इस बार घोड़ा खच्चरों को गरम पानी पिलाने की व्यवस्था कर रहा है केदारनाथ और लिनचौली में उरेडा विभाग के सहयोग से पांच लाख रुपये की लागत से दो सोलर प्लांट लगाए जा रहे है गौरतलब है कि केदारनाथ की यात्रा में पांच हजार से ज्यादा घोड़ा खच्चर माल दुलान से लेकर यात्रियों को ले जाने का काम करते हैं जिला प्रशासन को भी घोड़े खच्चरों से काफी मदद मिलती है केदारनाथ पुनर्निर्माण का सामान भी घोड़े और खच्चरों के माध्यम से ही सोनप्रयाग से केदारनाथ तक लाया जा रहा है इस दौरान उनकी सेहत का ख्याल रखते हुए जिला प्रशासन ने घोड़ा खच्चरों के लिए गरम पानी पीने की व्यवस्था करने का निर्णय लिया हैं वहीं मुख्य पश् चिकित्सा अधिकारी ने भी घोड़े खच्चरों के लिए गरम पानी की व्यवस्था करने को जरूरी बताया है

आग से किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई घटना आज सुबह करीब नौ बजे की है जब बाजार की छह कपड़ों की दुकानों में आग लग गई घटना की सूचना मिलते ही दमकल के वाहनों की मदद से एक घण्टे बाद आग पर काबू पाया जा सका पुलिस आग लगने के कारणों की जांच कर रही है सह फसली खेती किसानों की आय दोगुनी करने के सरकार के संकल्प को हल्द्वानी में गौला पार के किसान अपनी मेहनत और नई सोच के साथ आगे बढ़ा रहे हैं जमीन की उपजाऊ शक्ति में लगातार आ रही कमी और मौसम की बेरुखी की वजह से चिंतित होने के बजाय किसान सह फसली खेती के अपना रहे हैं इस खेती के तहत किसान दो फसल एक साथ बो रहे हैं इससे पैदावार और किसानों की आय दोनों ही बढ़ने की उम्मीद की जा रही है किसानों ने सह फसली पद्धति को अपनाते हुए अभी लहसुन के साथ गेंहू की फसल बोई है दोनों ही फसलें काफी अच्छी हो रही हैं कृषि विभाग भी किसानों को सह फसली पद्धति अपनाने के लिए प्रेरित कर रहा है

अभियान में विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी और स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया इस दौरान एक ट्रक कूड़े का निस्तारण किया गया अभियान के तहत स्थानीय लोगों को कूड़े के सही तरह से निस्तारण की जानकारी दी गई सहयोग शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे कामों को पूरा करने के लिए जनता के सहयोग को महत्वपूर्ण बताया है

उन्होंनें कहा कि प्रदेश के शहरी क्षेत्रों को स्वच्छ और सुन्दर बनाना सरकार की प्राथमिकता हैं मौसम प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और हिमपात से मौसम खुशगवार हो गया है कल रात को चारधामों और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और अन्य ऊंचे स्थानों में बारिश होने के चलते मौसम में ठण्डक बढ़ी है आज राजधनी सहित मैदानी इलाकों में भी सुबह के समय तेज ठण्डी हवांए चलते रहने से मौसम सुहावना बना रहा इस बीच प्रदेश के मौसम विभाग का मानना है कि आने वाले समय में मौसम साफ बना रहेगा

अल्मोड़ा के सोमेश्वर खेल मैदान में आयोजित पश् प्रदर्शनी उद्घाटन करते हुए पश्पालन राज्य मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि दुग्ध उत्पादन में आगे बढ़ने के लिए पशुपालन पर ध्यान केंद्रित करना होगा उन्होंने पशुपालको को अपने पशुओं का बीमा करवाने की सलाह दी ताकि कोई दुर्घटना होने पर पशु पालको को आर्थिक नुकसान न उठाना पडे पश् पालन को आर्थिकी से जोड़ने पर जोर देते हुए श्रीमंती आर्या ने ऐसी योजना बनाने को कहा जिससे पहाड़ी क्षेत्रों से पलायन रूके और लोग पशुपालन की ओर बढें